लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की तेरह सीटों पर कल उन्नतीस अप्रैल को प्रातः सात बजे स शाम छह बजे तक मतदान होगा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शातिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस चरण में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर संसदीय सीटें शामिल हैं आर जानकारी हमारे संवाददाता से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए अंतर्राज्जीय और अंतर जनपदीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बलों द्वारा नाकों पर गहन चौकिंग की जा रही है

कन्नौज में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक के बीच सीधा मुकाबला दिखाई पड़ता है यहां कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है

दो करोड़ इकतालीस लाख सात हजार चौरासी मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जिनमें एक करोड़ तीस लाख तिरासी हजार चार सौ इक्कीस पुरूष और एक करोड़ दस लाख बाइस हजार छह सौ उन्तीस महिला मतदाता शामिल हैं वहीं एक हजार चौंतीस अन्य मतदाता हैं इन तेरह संसदीय क्षेत्रों में सत्रह हजार ग्यारह मतदान केन्द्र और सत्ताइस हजार पांच सौ सोलह मतदेय स्थल बनाये गये हैं यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं इस बार शत प्रतिशत मतदेय स्थलों पर वीवी पैड का इस्तेमाल किया जायेगा हरदोई जिले के दो लोकसभा क्षेत्र मिश्रिख सुरक्षित और हरदोई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न कराने के लिए मतदानकर्मियों को मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया

संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है अभय शंकर गौड़ आकाशवाणी समाचार हरदोई झांसी में कल होने बाले मतदान के लिये व्यापक व्यवस्था की गई है

मतदान के लिये सुरक्षा के व्यापक प्रबन्ध किये गए हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक मतदान स्थल को सखी व्थ के रूप में चिहित किया गया है इनमें केवल महिला मतदान कार्मिक तैनात रहेंगी

सपा बसपा गठबंधन से श्याम सुन्दर सिंह यादव भाजपा से अनुराग शर्मा और कांग्रेस से शिव शरण कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं विकास कुमार आकाशवाणी समाचार झांसी शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिये तैयारियॉ पूरी कर ली गई हैं

चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं

लोकसभा चुनाव के पांचवें और शेष चरणों के लिये प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियों को संबोधित कर रहे हैं वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज मोहनलालगंज में चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर तंज कसते हुये कहा कि उनसे पिछले साठ सालों का हिसाब जनता मांग रही है इस अवसर पर उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियॉ भी गिनाई वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज अमेठी में चुनावी जनसभा में राष्ट्रवाद के मददे पर सवाल उठाते हये कहा कि भाजपा सरकार में किसानों गरीबों और नौजवानों की आवाज नहों सुनी गई कांग्रेस महासचिव ने बहराइच में चूनावी सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज तीन दिन में ही माफ कर दिया जायेगा और किसानों के लिये अलग से बजट पास किया जायेगा प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की धौरहरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में रोड शो भी किया उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कौशाम्बी में चूनावी जनसभा में दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और विपक्षियों का नामो निशान मिट जायेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों की खुशहाली का संकल्प लिया है जिसे वे पूरा करके रहेंगे मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के सहयोग से ही खिलाड़ी मजबूत होंगे बच्चों को स्कूली स्तर से खेलों की ओर प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सरकार ने भी खेलों को बढ़ावा देने के लिये कई कार्यक्रम चलाये हैं आज गोरखपुर क्लब में खिलाड़ी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में खेल मैदान बनाने के लिये एंटी भू माफिया टॉस का गठन किया है सरकारी जमीन को मुक्त करा कर उस पर खेल मैदान या मिनी स्टेडियम बनाया जायेगा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

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रयासों और बलिदान से देश को आजादी मिली है हम सब को प्रजातंत्र और वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में पवित्र भावना के साथ वोट देना ही सबसे बडा दान है श्री लू कल लखनऊ के इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में नैतिक मतदान और मतदाताओं की अधिकाधिक सहभागिता से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गत चुनावों में लखनऊ में अपेक्षाकृत कम मतदान होने पर चिन्ता व्यक्त करते हये अधिकारियों स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों से आहवान किया कि वे पल्स पोलियो की तरह अभियान चलायें जिससे कोई भी मतदाता न छूटे बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ ब्रम्हदेव राम तिवारी लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा सहित कई अधिकारी और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एनएसएस एनसीसी स्काउट्स एवं गाइड्स के कैडेट्स भी मौजूद रहे पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ द्वारा कल उन्नाव जिले में मुसन्डी के पास दरगाह ए साबरी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार का बहुत बड़ा महत्व होता है स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के सभी उपाय किये गये हैं श्री सिंह ने लोगों से अपील की कि वे प्रत्येक स्थिति मे मतदान अवश्य करें अपना वोट डालने के साथ ही वे दूसरों को भी वोट डालने के लिये प्रेरित करें कार्यक्रम का संचालन उप निदेशक मीडिया डॉ श्रीकांत श्रीवास्तव ने किया

तेज धूप और गर्म हवाओं के चलने से आम लोगों के साथ पश्र पक्षियों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा रहता ह लोग जरूरी काम होन पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है मौसम साफ रहेगा और तापमान में वृद्धि बनी रहेगी पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस प्रयागराज में रिकार्ड किया गया दूसरे स्थान पर वाराणसी और झांसी रहे जहां अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया